आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इन कदमों से प्रवासी मजदूरों फेरी लगाने वालों जनजातीय लोगों छोटे व्यापारियों छोटे किसानों और आवास निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को फायदा होगा इस मौके पर केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि तीन करोड़ छोटे किसानों को कर्ज के भुगतान में रियायत दी जाएगी

वी कैप के प्रबंध निदेशक विकास सहाय ने आज रांची में आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि यह पैकेज लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति से देश की अर्थव्यवस्था को उबरने में मदद करेगा

इस कार्यकम के माध्यम से देषभर के करीब दो लाख युवाओं को फेसबुक के माध्यम से प्रषिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा

इनमें से सात कोरोना संक्रमित पलामू जिले से मिले है जबकि कोडरमा और पूर्वी सिंहभूम जिले से एक एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई इसके साथ ही झारखंड में कोरोना संकमित मरीजों की संख्या एक सौ नब्बे हो गयी है पलामू के उपायुक्त डॉक्टर शांतनु अग्रहरि ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमित आज जिन मरीजों की पहचान हुई है वे सभी प्रवासी श्रमिक गुजरात के सूरत से लौटे थे

इधर कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड में एक कोरोना संक्रमित मामले की पुष्टि हुई है जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति बीते दिनों कोलकाता से आया था और सर्दी खांसी की शिकायत के बाद उसने खुद जाकर अपना सैंपल दिया था

इसके बाद आज दोनों मरीजों को संक्रमण मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया गया

लॉकडाउन के बीच देषभर के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी कामगारों विद्यार्थियों और अन्य नागरिकों के झारखंड वापसी का सिलसिला निरंतर जारी है वहीं झारखंड के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों की संबंधित राज्यों में वापसी भी आज से श्रू हो गयी रांची के हटिया स्टेषन से प्रवासी कामगारों को लेकर आज श्रमिक स्पेषल ट्रेन राजस्थान के जयप्र के लिए रवाना हई इससे पहले आज सुबह बेंगलुरू से करीब बारह सौ श्रमिकों को लेकर स्पेषल ट्रेन आज हटिया स्टेषन पहुंची घर वापसी पर श्रमिकों के चेहरे पर ख्षी दिखी और सरकार तथा रेलवे के प्रति आभार जताया इधर नई दिल्ली से चली राजधानी स्पेषल ट्रेन आज सुबह दस बजे रांची पहुंची और शाम में यह ट्रेन यात्रियों को लेकर रांची स्टेषन से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई दूसरी तरफ राज्य के अन्य जिलों में भी प्रवासी श्रमिकों को लेकर विषेष रेलगाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा है कोयंबटूर से चौदह सौ चौसठ यात्रियों को लेकर स्पेषल ट्रेन देवघर जिले के जसीडीह स्टेषन पहची जबकि तेलंगाना से सोलह सौ दो प्रवासी श्रमिकों लेकर एक स्पेषल ट्रेन कोडरमा पहुंची

वहीं रात साढ़े आठ बजे रत्नागिरी से लगभग सौ यात्रियों को लेकर श्रमिक स्पेषल ट्रेन रात करीब साढ़े आठ बजे कोडरमा स्टेषन पहुंचेगी

बोकारो जिले के पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र में आज नहाने के कम में तालाब में ड्रबने से दो बच्चों की मौत हो गयी पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथप्र थाना क्षेत्र में औषधि नियंत्रण विभाग और प्लिस के संयुक्त दल ने छापामारी कर इक्कीस पेटी प्रतिबधित सिरप जब्त किये हैं इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है

उन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली तीरंदाजी प्रतियोगिताओं की जानकारी ली श्री मुंडा संघ के पदाधिकारियों को बताया कि संभवतः इस सप्ताह के अंत तक प्रतियोगिताओं के कैलेंडर जारी कर दी जाएगी बैठक में उन्होंने संघ के पदाधिकारियों से माह में दो बार वीडियो कांफ्रेंसिंग करने का आग्रह किया